केन्द्रीय नागरिक उड़डयन मंत्री हरदीप पूरी ने एक ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी इधर स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि देश की प्रयोगशालाओं में ब्रिटेन में पाए गए वायरस के नए स्ट्रेन की जांच पर काम शुरू हो गया है ब्रिटेन में संक्रमण के नए प्रकार की जानकारी मिलने से पहले ही भारत ने देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में लगभग पांच हजार जेनोम सीक्वेंस का परीक्षण शुरू कर दिया था

नए कृषि कानूनों पर गतिरोध समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार और आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के बीच आज छठे दौर की बातचीत होगी

इस बातचीत में पिछले दिनों लाए गए तीन कृषि कानूनों के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य वायु गुणवत्ता और बिजली से जुड़े कानूनों पर चर्चा होगी इस बीच सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि वह स्पष्ट लक्ष्य और खुले मन से किसानों के सभी मुद्दों का उचित समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक आदेश जारी कर अगले साल जनवरी में होने वाली पटवार भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी है बोर्ड की ओर से अब परीक्षा का नया कार्यक्रम जारी किया जाएगा

प्रदेश में कड़ाके की सर्दी से जन जीवन पर खासा असर पड़ रहा है आज भी तीन स्थानों माउंट आबू च्रू और फतेहपुर शेखावाटी में पारा जमाव बिन्दू से नीचे बना हुआ है माउंट आबू में माइनस चार डिग्री फतेहपुर शेखावाटी में माइनस तीन और चुरू में माइनस एक दशमलव पांच डिग्री सैल्सियस तापमान दर्ज किया मौसम विभाग के अनुसार आज पिंलानी में शून्य दशमलव पांच भीलवाड़ा में एक दशमलव आठ सीकर में तीन डिग्री सैल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया वहीं राजधानी जयपुर में कल के मुकाबले आज तापमान में और गिरावट आई